मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खाद्य पदार्थो के वितरण में अनियमितता और चोरी पर रोक लगेगी जयराम ठाक्र ने कहा कि लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए विभाग द्वारा ईपीडीएस कॉल सैंटर भी स्थापित किया गया है जो सभी कार्य दिवसों में खुला रहेगा

कृषि विज्ञान केंद्रों जनसेवा केंद्रो दूरदर्शन डीडी किसान चौनल और आकाशवाणी से इस बातचीत का सीधा प्रसारण किया जाएगा लोग नरेंद्र मोदी एप के जरिए भी प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकेंगे विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है और एलोपैथी के अलावा आयूर्वेद चिकित्सा पद्धति को मज़बूत करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं सुलह निर्वाचन क्षेत्र की कक्कडैं पंचायत में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है विपिन परमार ने कहा कि आयुर्वेद औषधालयों में तैनात चिकित्सकों को कार्यक्षेत्र के आसपास रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में लोगों को घर के पास उपचार मिल सके गोबिंद सिंह परिवहन मंत्री गोबिंद सिंह ने बिलासपुर के चंगर में बनने वाले शहीद स्मारक का निरीक्षण किया

राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने चार वर्ष के कार्यकाल में देश को नई दिशा दी है मंडी जिले के कोटली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा प्रदेश के लिए मंजूर की गई तीन बड़ी परियोजनाओं से पर्यटन बागवानी और पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र मे नई कांति आएगी राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर संपर्क से समर्थन की ओर अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों सहित प्रबुद्वजनों को केन्द्र सरकार के चार साल के कार्यों की डाटा बुक दी जा रही है अन्राग ठाक्र सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए योजना तैयार की गई हैं वे कल समीरपुर में दो करोड़ रूपये की लागत से निर्मित संयुक्त कार्यालय भवन के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे

बिलासपुर में आज आयोजित ऐसी ही एक कार्यशाला में उन्होंने बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र को ई निर्वाचन ऐप से जोड़ने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल का आभार जताया